इन क्षेत्रों के लिए मतदान ग्यारह मार्च को होगा एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जोर शोर से प्रचार अभियान चला रहे हैं उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं चुनाव वाले क्षेत्रों में अर्द्वसैनिक बलों की पैंतालीस कंपनियां तैनाती की गयी है अर्द्वसैनिक बलों की सर्वाधिक पच्चीस कंपनियां अररिया जबकि जहानाबाद में बीस और भभुआ में बीएमपी की नौ कंपनियां तैनात की जायेगी सभी मतदान केन्द्रों पर तेरह हजार से ज्यादा बिहार पुलिस के जवान लगाये जायेंगे वहीं नक्सल प्रभावित बूथों पर विशेष चौकसी बरती जायेगी बिहार में राज्यसभा की छह सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाकपा माले राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को समर्थन देगी माले सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ वोट करेगी दो सौ तैंतालीस सदस्यीय बिहार विधानसभा में भाकपा माले के तीन विधायक महबूब आलम सुदामा प्रसाद और सत्यदेव राम हैं नामांकन पत्रों की जांच तेरह मार्च को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि पन्द्रह मार्च है यदि जरूरी हुआ तो इन सभी सीटों के लिए मतदान तेईस मार्च को कराया जायेगा और मतों की गिनती इसी दिन होगी जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें भाजपा के रविशंकर प्रसाद और धर्मेन्द्र प्रधान जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह अली अनवर अनिल सहनी और महेन्द्र प्रसाद शामिल हैं आयकर विभाग ने कहा है कि बिहार और झारखंड के लोगों ने एक हजार करोड़ रूपये से अधिक विभिन्न फर्जी कंपनियों में निवेश किया है विभाग ने कहा है कि इन दोनों राज्यों के निवेशक नोटबंदी के दौरान एक एक कंपनी में न्यूनतम दस लाख और अधिकतम पचास करोड़ रूपये लगा रखा है बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कैलाश चन्द्र घुमरिया ने कहा कि इन निवेशकों को कंपनियों की पहचान कर नोटिस भेजा गया है जांच में अधिकतर कंपनियों के जबाव संदेहास्पद पाये गये हैं उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों और निवेशकों के जबाव गलत होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी श्री घुमरिया ने टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से आमदनी को कृषि आय बताने वालों पर भी कार्रवाई की है साथ ही विभाग ने टीडीएस और टीसीएस में गड़बड़ी करने वाले एक सौ चौदह करदाताओं के खिलाफ मुकदमा किया है

पटना में वीडियोकांफ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक ने अपराध से संबंधित सभी मामलों का स्पीडी ट्रायल के जरिए तेजी से निपटारा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू कल पटना आयेंगे वे केन्द्रीय गृह मंत्रालय राजसभा विभाग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संयुक्त राजसभा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेंगे वहीं दूसरी ओर बाईस मार्च से पटना में शुरू होने वाले तीन दिवसीय बिहार दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल होंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को आठ सौ तीस करोड़ रूपये जारी किये गये हैं लोकसभा में एक प्रश्न के जबाव में पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री रमेश चंदप्पा जिगजिनागी ने यह जानकारी दी जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिहार में वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में एक दशमलव आठ आठ लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और इसी अवधि में दो दशमलव सात चार लाख हेक्टेयर भूमि में हास हुई सिंचाई सुविधा फिर से बहाल कर दी जायेगी श्री सिंह ने विधानसभा में जल संसाधन योजना एवं विकास तथा लघु सिंचाई विभाग की वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस की बजट मांग पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बघेला घाट सिंचाई योजना टिकमा सिंचाई योजना बटाने जलाशय योजना बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना और दुर्गावती जलाशय योजना के पूरा होने से मार्च दो हजार उन्नीस तक एक दशमलव आठ आठ लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि प्रोत्साहन अवार्ड के लिए औरंगाबाद कृषि विज्ञान केन्द्र का चयन किया है ये अवार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी आगामी सत्रह मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में औरंगाबाद कृषि विज्ञान केन्द्र को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे औरंगाबाद कृषि केन्द्र ने स्ट्रोबेरी का बिहार में पहली बार सफल उत्पादन पिछले सात सालों में धान की पैदावार में बढोतरी और नक्सली प्रभावित क्षेत्र में कृषक संध्या जैसे सफल कार्यक्रम कर अपनी पहचान बनायी है आज से कृषि विभाग की ओर से पटना में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एग्रीटेक कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है इस मेले में जापान नीदरलैंड इजरायल और अमेरिका जैसे देशों के कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भाग ले रही हैं मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय परीक्षा छह से आठ चरणों में होगी आयोग के अध्यक्ष संजीव सिन्हा ने बताया कि ये परीक्षा अप्रैल से मई के बीच आयोजित की जायेगी इस परीक्षा में अठारह लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगायी जायेगी इस परीक्षा के लिए आवेदन वर्ष दो हजार चौदह में लिया गया था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय मेडिकल परीक्षा नीट के लिए आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाकर बारह मार्च कर दी है नीट के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि ग्रूवार आठ मार्च को थी देश भर में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा छह मई को होगी मगध विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम सत्र और दूसरे सत्र की परीक्षा के दूसरे दिन प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर परीक्षा स्थगित कर दी गयी है इस परीक्षा के लिए पटना में दो केन्द्र बनाये गये थे इधर छात्रों ने रद्द हुई परीक्षा को जल्द आयोजित करने के लिए तिथि घोषित करने की मांग की है कटिहार जिले के सेमापुर थाना क्षेत्र में चार दिन पूर्व हुए एक सात साल की बच्ची की हत्या के मामले मे पुलिस ने कचना ओपी थाना क्षेत्र से आरोपी अभियुक्त जंगली महतो को गिरफ्तार किया है भोजपुर जिले के गड़हनी में कल देर रात हुई अगलगी में आधा दर्जन से अधिक दुकान जल गए चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस डयूटी मीट में बिहार पुलिस की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है बिहार प्रलिस को गोल्ड मेडल बम निरोधी प्रतियोगिता के तहत ग्राउंड सर्च में मिला है

इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों की पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों की टीमों ने भाग लिया था भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत ताईक्वांडो वुशु और टेबुल टेनिस के आवासीय और गैर आवासीय योजना में भर्ती के लिए आज से पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में चयन प्रक्रिया शुरू हो रहा है भर्ती प्रक्रिया में खिलाड़ियों की आयु बारह से अठारह वर्ष निर्धारित की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है एक सूर में महिला आरक्षण की मांग एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है पीएमसीएच की इमरजेंसी बिल्डिंग पर बनेगा हेलीपैड दैनिक जागरण की सुखी है अब तीस की उम्र वाले भी ले सकेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से शिक्षा लोन दैनिक भास्कर का शीर्षक है पटना और गया में वायरल हुए प्रश्न पत्र मगध विश्वविद्यालय में बीएड का प्रश्नपत्र लीक परीक्षा रद्द आगे की परीक्षाएं भी टली प्रभात खबर ने भभुआ और जहानाबाद में हो रहे विधानसभा उपचुनाव की खबर को मुख्यमंत्री के हवाले से प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है शराबबंदी के बाद वही लोग बोल रहे हैं जो धंधेबाज हैं राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है नीट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि हुई बारह मार्च